राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा दंतेवाड़ा जिले में पांच इनामी सहित सत्ताईस माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण प्रदेश के वन क्षेत्रों में परसों ग्यारह जुलाई को बड़ी संख्या में फलदार पौधों के बीज की बोआई की जाएगी

इस योजना के तहत फसल के बाद प्रबंधन के लिए व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा दी जाएगी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि यह योजना क्रांतिकारी साबित होगी इस योजना की अवधि चालू वित्त वर्ष से दो हजार उनतीस तक दस वर्षो के लिए होगी इसके तहत चालू वर्ष में दस हजार करोड़ रुपये की मंजूरी के साथ अगले चार वर्षो में ऋणों का भुगतान किया जाएगा इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि के चौबीस प्रतिशत योगदान को जून से अगस्त तक तीन महीने बढ़ाने की भी मंजूरी दी है इससे देश के बहत्तर लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे वहीं मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उप योजना के रूप में गरीबों और शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों के निर्माण को भी मंजूरी दी है इस योजना के तहत लगभग तीन लाख पचास हजार लोगों को एक लाख आठ हजार सिंगल बेडरूम फ्लैट दिए जाएंगे फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि पंद्रह जुलाई निर्धारित की गई है इस योजना के माध्यम से सिंचित और असिंचित धान मक्का सोयाबीन मूंगफली मूंग और उड़द की फसल का बीमा कराया जा सकता है इसका लाभ ऐसे किसान जिन्होंने ऋण नहीं लिया है और जिन्होंने ऋण लिया है दोनो उठा सकते हैं बीमा कराने के इच्छुक किसान पंद्रह जुलाई तक अपने नजदीकी बैंक वित्तीय संस्था और लोक सेवा केन्द्रों में संपर्क कर सकते हैं गौरतलब है कि प्रदेश में अब किसान स्व प्रमाणित बोआई पत्र देकर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे इसके तहत प्रतिकूल मौसम जैसे सूखा बाढ़ ओलावृष्टि कीट व्याधि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को राहत मिल सकेगी राज्यपाल बैठक राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ ही अन्य राज्यों की प्रणाली का अध्ययन करने और विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा आज राजभवन में प्रदेश के मंत्रियों से मुलाकात के दौरान लंबित विधेयकों के साथ ही छत्तीसगढ़ से जुड़े विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना ही हम सबका उद्देश्य है सुश्री उइके ने मंत्रियों से कहा कि पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में जिन ग्राम पंचायतों को नगर पंचायतों में बदला गया है उससे जनजातियों के अधिकारों का हनन हो रहा है उन्होंने कहा कि इसमें परिवर्तन की जरूरत है आज राज्यपाल से कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे वन मंत्री मोहम्मद अकबर नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने मुलाकात की सीबीएसई बयान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में जिन पाठ्यक्रमों को हटाए जाने की खबरें आ रही हैं उन्हें या तो संशोधित पाठ्यक्रम में या एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर में शामिल किया जा रहा है सीबीएसई ने एक बयान में बताया है कि एनसीईआरटी का वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में पहले से ही लागू है बयान में कहा गया है कि लगभग एक सौ नब्बे विषयों के तीस प्रतिशत कटौती के संशोधित पाठ्यक्रम को लागू किया गया है बोर्ड ने बताया है कि शैक्षिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस के लिए नवमीं से कक्षा बारहवीं तक के पाठ्यक्रम में की गई कटौती केवल एक बार के लिए ही है कोरोना मरीज राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है आज रायपुर में उनचास नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं बिलासपुर में चार मरीजों की पहचान की गई है इसके अलावा नारायणपुर जिले में रैपिड किट टेस्ट में तेईस व्यक्ति कोरोना संदिग्ध पाए गए हैं उधर बीजापुर जिले में तेरह कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है इनमें आठ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान हैं इसके अलावा महिला और बाल विकास अधिकारी के परिवार के पांच लोग भी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं छत्तीसगढ़ में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा छत्तीस सौ के पार पहुंच गया है इधर रायपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती एक कोरोना संक्रमित मरीज की आज उपचार के दौरान मौत हो गई बताया जाता है कि दो दिन पहले इस मरीज को अंबिकापुर से लाकर एम्स में भर्ती कराया गया था इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है कि राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ ही अन्य मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल का भार कम करने के लिए भनपुरी स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के नवनिर्मित अस्पताल में भी कोरोना संक्रमित मर ीजों का इलाज किया जाएगा इसके संचालन के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी इसके बाद गायत्री अस्पताल को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री बुजुर्ग चर्चा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के सात जिलों में स्थित वृद्धाश्रमों के बुजुर्गो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की और उनका हालचाल पूछा साथ ही आश्रम की सफाई व्यवस्था की जानकारी भी ली श्री बघेल ने बुजुर्गों से वृद्धाश्रम की दैनिक गतिविधियों और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपनाई जा रही सावधानियों का भी जायजा लिया उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण दैनिक जीवन में परिवर्तन आया है श्री बघेल ने कहा कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता सुरक्षित रहने की है इसलिए राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाए रेलवे बीडीयू गठन भारतीय रेलवे द्वारा सभी जोन में रेलवे की आय में बढ़ोत्तरी के लिए बिजनेस डेव्हल्पमेंट यूनिट बीडीयू का गठन कार्य किया जा रहा है इसके तहत सभी रेलवे जोन के वाणिज्य परिचालन यांत्रिक और लेखा विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर के अधिकारीगण बीडीयू में शामिल होकर रेलवे की आय बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगे साथ ही उद्योग संचालकों छोटे व्यापारियों वाणिज्यिक संगठनों और कंपनी के प्रबंध निदेशकों से मुलाकात करेंगे और उन्हें रेलवे के जरिये माल परिवहन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे बीडीयू यूनिट मुख्यालय स्तर पर मुख्य माल यातायात प्रबंधक और मंडल स्तर पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के नेतृत्व में कार्य करेगी इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चल रही तीन पार्सल रेलगाड़ियों के परिचालन में विस्तार किया गया है आधिकारिक जानकारी के अनुसार इतवारी टाटानगर मुंबई शालीमार मुंबई और पोरबंदर शालीमार पोरबंदर के मध्य चलाई जा रही विशेष पार्सल ट्रेनो को अब इकतीस दिसंबर तक चलाया जाएगा

मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के सामने एक एक लाख रूपये के तीन इनामी सहित पच्चीस माओवादियों ने कुआंकोंडा थाने में आत्मसमर्पण किया वहीं इसी जिले में दो लाख रूपये के इनामी माओवादी दंपत्ति ने भी पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सामने आत्मसमर्पण किया है ये माओवादी दंपत्ति ग्यारह जवानों की हत्या में शामिल बताए जाते हैं ब्रूट सम्मान कबीरधाम जिले में करीब बहत्तर लाख रूपये की लूट का मामला सामने आया है हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक राईस मिल के दो कर्मचारी आज सुबह इकतत्तर लाख छप्पन हजार रूपये लेकर बिलासपुर में स्थित एक ट्रेडिंग कंपनी को देने जा रहे थे इस दौरान पांडातराई थाना के अंतर्गत कुंडा और जंगलपुर के बीच अज्ञात आरोपियों ने दोनों कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पावडर डालकर इनके पास रखे रूपये लूटकर भाग निकले घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस शहर के चारों ओर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच कर रही है उधर रायगढ़ जिले में बीते दिनों कैश वैन में हुई लूट की गुत्थी को दस घंटे के भीतर सुलझाने पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायगढ़ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह और उनकी टीम को आज रायपुर में सम्मानित किया इधर रायपुर जिले के उरला थाना की पुलिस ने डकैती की तैयारी करते एक नाबालिग सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने इनके पास से एक देशी कट्टा तीन कारतूस एक खुखरी के अलावा तीन नग चाकू और दो मोटरसाइकिल जब्त की हैं

बीती रात दो दंतैल हाथियों ने कुकराडीह गांव में किसान की बाड़ी में बंधे भैंसे को मार दिया इधर कोरबा जिले में बीते पच्चीस दिनों से बीमार नर हाथी की आज मौत हो गई गौरतलब है कि जिले के कुदमुरा रेंज में एक ग्रामीण के घर में यह हाथी बेहोश हो गया था जिसके बाद इस हाथी का उपचार किया जा रहा था वन मंत्री बैठक प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि ग्यारह जुलाई को राज्य के वन क्षेत्रों में पचास हजार किलोग्राम फलदार पौधों के बीज की बोआई होगी इसके अलावा छह हजार पांच सौ किलोग्राम सब्जी बीज और पच्चीस लाख सीड बॉल की बोआई भी की जाएगी कल नवा रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रॉसिंग के जरिये वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य के सभी गौठानों में लघ् वनोपज पर आधारित विभिन्न प्रजाति के करीब साढ़े तीन लाख पौधों का रोपण किया जाएगा उन्होंने विभाग को वृक्षारोपण कार्य में गति लाने और इस कार्य को इकतीस जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में वन क्षेत्रों में खेती के लिए अतिक्रमण की संभावना बढ़ जाती है इसलिए बीट गार्ड से लेकर डीएफओ तक सतर्क रहे श्री अकबर ने डीएफओ को अपने क्षेत्र में टीम गठित कर निगरानी के लिए गश्त बढ़ाने को कहा उन्होंने वन क्षेत्रों के अतिक्रमण मुक्त संबंधी प्रमाण पत्र को पच्चीस जुलाई तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए इधर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने दंतेवाड़ा जिले को हरित बनाने की पहल की है इसके लिए करीब छह सौ पचास जनजाति किसानों को फल वाले पौधे लगाने के लिए पचास दिन का प्रशिक्षण दिया गया है वहीं एनएमडीसी द्वारा स्थानीय प्रशासन के साथ पच्चीस गांवों में फलदार पौधों की पचास हजार सैपलिंग लगाने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत एनएमडीसी द्वारा अड़तीस हजार सैपलिंग मुफ्त दी जाएंगी मनरेगा निर्देश प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा कार्यस्थलों में नागरिक सूचना पटल लगाने के संबंध में नये दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके तहत नागरिक सूचना पटल में मनरेगा और छत्तीसगढ़ शासन के लोगो ग्राम पंचायत विकासखंड जिले के नाम सहित कार्यस्थल की जानकारी कार्य की माप निर्माण कार्य का नाम स्वीकृत राशि कार्य तिथि व्यय राशि मानव दिवसों की संख्या दैनिक मजदूरी दर के अलावा मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी का नाम तथा मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारियां प्रदर्शित करने कहा गया है इंद्रधन्ष सम्मान प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कहा है कि अपराधों की गुत्थी सुलझाने और अपराधी तक पहुंचने के लिए पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए उन्होंने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी इस बात पर निर्भर करती है कि घटना के बाद पुलिस का रिस्पॉन्स समय कैसा था आज रायपुर में इंद्रधनुष सम्मान समारोह में पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी से जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता है श्री अवस्थी ने कहा कि पुलिस को सफलता तब मिलती है जब पूरी टीम द्वारा एकजुट होकर कोशिश की जाती है

यह क्लीनिक प्रत्येक बुधवार को सर्जरी विभाग में संचालित होगी जहां महिलाओं के स्तन कैंसर की जांच कर आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऑपरेशन के लिए संभावित तिथियां दी जाएंगी गौरतलब है कि एम्स रायपुर में लॉकडाउन के बाद ओपीडी सहित स्पेशल क्लीनिक भी कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए बंद कर दिए गए थे जिसे फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है इधर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद एम्स रायपुर के ब्लड बैंक में रक्त की मांग और अधिक बढ़ गई है वर्तमान में यहां चार सौ यूनिट रक्त ही प्रतिमाह उपलब्ध हो रहा है जबकि जरूरत पांच सौ पचास यूनिट रक्त की है ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर संकल्प शर्मा ने सामाजिक संगठनों और रक्तदाताओं से विशेष शिविर आयोजित कर रक्तदान करने की अपील की है मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान कृछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ओडिशा और उसके आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से प्रदेश में आज राजधानी रायपुर राजनांदगांव सहित अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई आगामी चौबीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है इस बीच कोरबा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई वहीं जांजगीर चांपा जिले के नरियरा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि पांच अन्य व्यक्ति झुलस गए हैं इधर प्रदेश के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सहायता राशि देने के लिए करीब एक सौ पांच करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई है विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में एक जून से अब तक तीन सौ तिहत्तर मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है संक्षिप्त समाचार महासमुंद जिले के पटेवा थाना की पुलिस ने बनपचरी गांव में जीवित लोगों के नाम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के मामले में च्वॉईस सेंटर के संचालक सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने खनिज के अवैध परिवहन करने के मामले में दो हाईवा सहित तीन टैक्ट्ररों को जब्त किया है साथ ही अवैध भंडारण पर कार्रवाई करते हुए पंचानवे हाईवा रेत और एक जेसीबी को भी जब्त किया है जांजगीर चांपा जिले में दो अलग अलग घटनाओं में सर्पदंश से एक वनकर्मी सहित एक नाबालिग की मौत हो गई वहीं इसी जिले के सिवनी गांव में पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई कोंडागांव पुलिस ने रायपुर से गुम हुई दो नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है फिलहाल इन्हें बाल मित्र कक्ष में ठहराया गया है इसी जिले के अरंडी गांव में छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई की हत्या करने का मामला सामने आया है जांजगीर चांपा जिले के बसंतपुर गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई